सोलह दिन की पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक

अब तक एक सौ चौहत्तर लोगों की हो चुकी है मौत

राज्य में कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुये आज से लॉकडाउन प्रभावी हो गया है इकतीस जुलाई तक चलने वाली सोलह दिन की इस पूर्णबंदी के दौरान सभी सरकारी कार्यालय निजी कार्यालय प्रतिष्ठान शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे वहीं सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के आयोजन पर भी रोक रहेगी एक रिपोर्ट बाईट लॉकडाउन के प्रावधानों में कहा गया है कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य सेवाएं बंद रहेंगी सार्वजनिक बस सेवाओं का परिचालन भी इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगा इस दौरान अस्पताल दूरसंचार सेवा बैंकिंग और एटीएम सेवाएं नगर निकाय से जुड़ी सेवाएं विद्युत विभाग पोस्ट ऑफिस समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन कुल कर्मचारियों की क्षमता के तैंतीस प्रतिशत को ही कार्यस्थल पर आने की अनुमति दी गयी है फल सब्जियों तथा मांस मछली और अंडे की दुकानें सुबह और शाम के समय एक निश्चित अवधि के लिए खुलेंगी वहीं डेयरी और किराना दुकानें पूर्व की तरह खुली रहेंगी दवा दुकानें पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस एजेंसी को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया समेत अन्य आवश्यक और आपात सेवाएं चालू रहेंगी आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप रेलवे और हवाई सेवा पर रोक नहीं लगायी गयी है टैक्सी और ऑटो रिक्शा का परिचालन जारी रहेगा जबकि लोग अपने निजी वाहन से अति आवश्यक काम होने की स्थिति में ही बाहर निकल सकते हैं एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिये ई पास लेना आवश्यक होगा लॉकडाउन में सामानों के परिवहन पर रोक नहीं रहेगी ई कॉमर्स और निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं भी जारी रहेंगी ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट दी गयी है लॉकडाउन में आतिथ्य सेवा से जुड़े होटल और लॉज जैसे प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है वहीं रेस्तरां भोजनालय और ढाबे से होम डिलिवरी की सुविधा मिलती रहेगी निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गयी है खेती बाड़ी से संबंधित कार्य और खाद बीज की दुकान के अलावा पशु आहार से जुड़े दुकान भी खुले रहेंगे गैराज मोबाईल मरम्मत और अन्य संबंधित दुकानों को खोलने के लिये प्रशासन से अनुमति लेनी होगी प्रदेश में आज से प्रभावी हये लॉकडाउन के बीच भी सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों के परिजनों को मध्याहन भोजन योजना के तहत अनाज का वितरण जारी रहेगा शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक कुमार रामानुज ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश निर्गत कर दिया है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर बीस हजार एक सौ तिहत्तर हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार तीन सौ बीस नये मामलों की प्रष्टि हुई स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि अब तक सबसे अधिक दो हजार पांच सौ एक मामले पटना में दर्ज किये गये हैं वहीं भागलपुर में एक हजार दो सौ उनसठ बेगूसराय में एक हजार दो मुजफ्फरपुर में नौ सौ और सीवान में आठ सौ छप्पन मामलों की पुष्टि हुई है इधर प्रदेश में कोविड उन्नीस से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ चौहत्तर हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौदह लोगों की मृत्यु हुयी है वहीं अब तक तेरह हजार पांच सौ तैंतीस रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है स्वस्थ होने की दर सड़सठ प्रतिशत से अधिक है प्रदेश में कोविड उन्नीस के कारण होम आईसोलेट हुये लोगों की निगरानी भी स्वास्थ्य विभाग करेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि ऐसे लोगों की दूरभाष के माध्यम से निगरानी की जा रही है उन्होंने बताया कि वर्तमान में नौ सौ बाईस मरीज होम आईसोलेशन में हैं श्री पांडेय ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमितों को लिए उनचास हजार आईसोलेशन बेड तैयार किये गये हैं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में जो भी मामले सामने आये हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र से सत्तासी प्रतिशत हैं जबकि शहरी क्षेत्रों से तेरह प्रतिशत मामले ही सामने आये हैं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य के तेरह जिलों के चौदह रेलवे स्टेशनों पर रेलवे द्वारा विकसित कोविड केयर आईसोलेशन कोच खड़े किये जा रहे हैं पूर्व मध्य रेलवे के आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के साथ साथ छपरा और सारण में आईसोलेशन कोच को खड़ा कर दिया गया है जबकि नरकटियागंज जयनगर कटिहार भागलपुर रक्सौल मुजफ्फरपुर सहरसा सीवान समस्तीपुर दरभंगा और सीतामढ़ी जंक्शन पर आईसोलेशन कोच खड़ा करने की प्रक्रिया जारी है पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपूर रेल मंडल के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने पचपन साल से अधिक उम्र के जवानों को यात्रियों की भीड़ वाले स्थानों पर ड्यूटी नहीं लगाने का आदेश दिया है इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये आज से इकतीस जुलाई तक दानापुर मंडल रेल कार्यालय बंद रहेगा इस दौरान कर्मचारी अपने शाखा अधिकारियों के सम्पर्क में रह कर घर से ही ड्यूटी करेंगे इस बीच पटना के फुलवारीशरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान में ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं को उन्नीस जुलाई तक बंद कर दिया गया है वहीं पटना स्थित आरएमआरआई के नौ लैब टेक्नीशियन के कोरोना संक्रमित होने से संस्थान में अगले तीन दिनों तक जांच नहीं होगी पटना में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुये एक सौ चौदह कंटेनमेंट जोन बनाये गये है पटना सिटी अनुमंडल में तेईस पटना सदर में अड़तीस दानापुर में अड़तीस पालीगंज में आठ और मसौढ़ी में सात कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं इन क्षेत्रों से लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध है जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा और टैक्सी के परिचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद कोविड कचरे के निपटारे की जांच करेगा पीपीई किट ग्लव्स और मास्क का ठीक से निपटारा नहीं होने की शिकायत मिलने के बाद बोर्ड ने एक टीम का गठन किया है यह टीम पीएमसीएच एनएमसीएच और एम्स सहित उन सभी अस्पतालों का दौरा करेगी जहां कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर नौ लाख अड़सठ हजार आठ सौ छिहत्तर हो गई है वहीं देश भर में अब तक छह लाख बारह हजार आठ सौ पन्द्रह रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या चौबीस हजार नौ सौ पन्द्रह हो गई है बह्चर्चित महादलित मिशन घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एसएम राजू सहित दस आरोपियों के खिलाफ निगरानी जांच ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज करवायी है आरोप है कि महादलित छात्रों को अंग्रेजी सिखाने के नाम पर सात करोड़ रूपये से अधिक की हेराफेरी की गयी उस समय एसएम राजू मिशन के निदेशक थे इस मामले में सेवानिवृत आईएएस अधिकारी राघवेन्द्र झा राज नारायण लाल रामाशीष पासवान सहायक निदेशक वीरेन्द्र चौधरी हरेन्द्र श्रीवास्तव और एक निजी कोचिंग संस्थान के निदेशक बीरबल झा को भी आरोपी बनाया गया है गंडक नदी के बढ़ते दबाव के कारण छपरा सीवान और गोपालगंज जिलों को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले नवनिर्मित सत्तर घाट पूल का सम्पर्क पथ ध्वस्त हो गया है इसके चलते पूल पर आवागमन बाधित है वहीं गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के खोमहारीपुर में पुलिया के पास सड़क टूटने से शिवहर सीतामढ़ी और पश्चिम चम्पारण समेत कई जिलों का सम्पर्क टूट गया है इस बीच पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि विभाग के इंजीनियर क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करने में ज़टे हैं और इसे दो से तीन दिन में ठीक कर लिया जायेगा वहीं सीतामढ़ी जिले को बाजपट्टी और मधुबनी के मधवापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाढ़ का पानी फैलने से आवागमन बाधित हो गया है इस बीच खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड की लाखों की आबादी कोसी नदी की चपेट में आ गयी है सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल क्षतिग्रस्त हो गयी है वहीं कटिहार जिले के कदवां आजमनगर बलरामपुर बारसोई प्राणपुर और डंडखोरा प्रखंडों में बाढ़ के पानी के प्रवेश कर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इधर मुजफ्फरपुर जिले के तीन प्रखंडों कटरा औराई और साहेबगंज के तैंतीस गांव बाढ़ से प्रभावित हैं वहीं मुजफ्फरपुर स्थित स्ल्रइस गेट से लखनदेई नदी के रिसाव से कटरा के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है इधर सीतामढ़ी में भी इस नदी के जलस्तर में वृद्धि से शहर के कई इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है पटना में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बिंदटोली प्ररी तरह पानी से धिर चुका है पानी बढ़ने के कारण मुख्य सड़क तक पहुंचने वाला एक मात्र कच्चा रास्ता बंद होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गयी हैं इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल में बारिश में कमी आने से प्रदेश की अधिकतर नदियों के जलस्तर में कमी आयी है लेकिन अभी भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रहीं हैं कोसी कमला बलान अधवारा घाघरा और महानंदा नदी का जलस्तर अलग अलग स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है आयोग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान जलस्तर में कमी आने की सम्भावना जतायी है

मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि मॉनसून की अक्षीय रेखा झारखंड की ओर चली गयी है जिस कारण झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है उन्होंने बताया कि दक्षिण उत्तर प्रदेश में चक्रवाती दबाव का एक क्षेत्र बना हुआ है जिसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में बारिश की सम्भावना है राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें अररिया की जिला अदालत में अपना बयान दर्ज कराते समय सामूहिक दुष्कर्म के प्रयास से बची एक महिला को गिरफ्तार करने की खबर सामने आई है सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाली इस बाईस वर्षीय महिला को अदालती कार्यवाही को बाधित करने के आरोप में दस जुलाई को गिरफ्तार किया गया उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की मांग की थी एक ट्वीट में आयोग ने कहा कि उसने इस विक्षुब्ध करने वाली खबर का संज्ञान लिया है और पीड़िता के खिलाफ मामले को जल्द से जल्द वापस लेने के लिए वह संबंधित अधिकारियों को लिखेगा राज्य सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के कार्यक्रम में एक बार फिर संशोधन किया है नये कार्यक्रम के अनुसार अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के बीच पांच से आठ अगस्त के बीच नियोजन पत्र का वितरण किया जायेगा बिहार लोक सेवा आयोग में चार नये सदस्यों की नियुक्ति की गयी है उर्दू निदेशालय के पूर्व निदेशक इम्तियाज अहमद करीमी पूर्व अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा पटना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर दीप्ति कुमारी और महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर अरूण कुमार भगत सदस्य बनाये गये हैं राजस्व ख्रफिया निदेशालय की टीम ने पटना के मीठापुर बस स्टैंड से दो करोड़ रूपये मूल्य के चार किलो सोने की बिस्कुट के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में आज से लागू हुये लॉकडाउन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है लॉकडाउन पांचः बिहार में आज से पाबंदियां धार्मिक स्थल भी बंद प्रभात खबर ने सीबीएसई के नतीजों को प्रकाशित करते हुये लिखा है दसवीं की परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी दैनिक जागरण ने पटना एम्स में वैक्सीन ट्रायल के परिणाम एक सौ चौरानवे दिनों में आने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है दैनिक भास्कर नीट पीजी में दाखिले की खबर पर लिखता है सरकार ने पचास प्रतिशत तक परसेंटाईल घटाये आज अखबार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में दिये गये बयान को प्रकाशित करते हुये लिखा है यूरोपीय संघ से साझेदारी विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण

सोलह दिन की पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक

अब तक एक सौ चौहत्तर लोगों की हो चुकी है मौत